हमारी मातृभूमि की तरफ नजर उठाने वालों को सबक सिखाया गया

अब तक पांच हजार अंठानवे मरीज हो चुके हैं स्वस्थ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि न तो हमारे क्षेत्र के भीतर कोई घुसा है और न ही हमारी किसी चौकी पर कब्जा हुआ है श्री मोदी ने कल भारत चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिये वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये सर्वदलीय बैठक की बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्षों ने भाग लिया श्री मोदी ने कहा कि हमारे बीस बहादुर सैनिकों ने लद्दाख में देश के लिये सर्वोच्च बलिदान किया और उन लोगों को सबक भी सिखाया जिन्होंने हमारी मातृभूमि की तरफ देखने का द्रस्साहस किया प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र उनकी वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखेगा सेना को आवश्यक कदम उठाने की पूरी आजादी दी गयी है और भारत ने राजनयिक माध्यमों से भी चीन को अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से बता दी है

भारत पीस चाहता है लेकिन अपनी सॉवर्निटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आज देश में इतनी क्षमता है कि कोई भी हमारी मातृभूमि की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता है उन्होंने कहा कि पूरा देश शहीदों के परिवार के साथ है साउंड बाईट मैं शहीदों के परिवारों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ है पूरा देश उन्हें नमन करता है श्री मोदी ने कहा कि भारत शांति और मित्रता चाहता है लेकिन संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्र और उसके नागरिकों के कल्याण के प्रति सरकार की वचनबद्धता पर जोर देते हुये उन्होंने कहा कि चाहे व्यापार जुडाव या आतंकवाद से निपटने की बात हो सरकार हमेशा बाहरी दबाव के खिलाफ रही है उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को भरोसा दिलाया कि हमारे सैन्य बल किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम हैं साउंड बाईट हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है

जल थल नभ में हमारी सेनाऑ को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है बैठक में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश अपने शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा राजनीतिक दलों के नेताओं ने लद्दाख में सैन्य बलों द्वारा प्रदर्शित वीरता की सराहना की उन्होंने जरूरत के समय में प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा जताया और सरकार के साथ मिलकर रहने की प्रतिबद्धता व्यक्त की सभी दलों ने स्थिति से निपटने के लिये अपने विचारों को भी साझा किया बैठक में जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि नेताओं के बीच कोई मतभेद नहीं होने चाहिये और पार्टियों के बीच किसी तरह की असहमति नहीं होनी चाहिये जिसका दूसरे देश फायदा उठा सकें लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश सुरक्षित महसूस करता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की व्यापक योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान की आज शुरूआत करेंगे श्री मोदी वीडियो कांफ्रेंस के जरिए खगड़िया जिले के तेलीहार गांव से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी उपस्थित रहेंगे

इन जिलों से दो तिहाई प्रवासी श्रमिकों के लाभांवित होने का अनुमान है आनंद चतुर्वेदी के साथ भूपेन्द्र सिंह आकाशवाणी समाचार दिल्ली हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें सबसे ज्यादा बत्तीस जिले बिहार के हैं साउंड बाईट प्रवासी मजदूरों को गरीब कल्याण रोजगार अभियान में अब अपने गांव में ही रोजगार के अवसर मिलेंगे

इस योजना को लेकर मजदूर काफी उत्साहित हैं

मैं पहले जामनगर में लेबर का काम करता था लेकिन वहां पर काम खत्म हो जाने के कारण अभी घर पर आकर के हम लोग बैठ गये हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज खगड़िया की तेलिहार पंचायत के लोगों से संवाद करेंगे आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत राज्य की एकमात्र इसी पंचायत का चयन किया गया है सरकार की जो भी योजना है उसका किसी न किसी रूप में यहां कार्यान्वयन हुआ है आकाशवाणी समाचार के लिये पटना से कृष्ण कुमार लाल बारह विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के समन्वित प्रयासों से शुरू किया जा रहा यह अभियान जिलों में जन सेवा केन्द्रों और कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से चलाया जायेगा राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये सभी विभागों को अपनी जरूरत के अनुसार विज्ञापन निकालने का निर्देश दिया है विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है इसमें मुख्य रूप से सड़क भवन और अन्य निर्माण कार्यों में हनर रखने वाले मजदूरों को रोजगार मिलेगा प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान छब्बीस जिलों से कोविड उन्नीस के दो सौ पचास नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर सात हजार दो सौ नब्बे हो गयी है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक पांच हजार अंठानवे मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी है स्वस्थ होने वालों की दर सत्तर प्रतिशत है वहीं पिछले चौबीस घंटों में पांच और कोविड संक्रमितों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर उनचास हो गयी है प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएमसीएच के एक जूनियर डॉक्टर भी कोविड उन्नीस संक्रमित पाये गये हैं इधर राज्य में प्रतिदिन जांच का दायरा बढ़कर लगभग छह हजार हो गया है इधर देश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर तीन लाख पंचानवे हजार अड़तालीस हो गयी है स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख तेरह हजार आठ सौ इकतीस है जबकि इस वैश्विक महामारी से अब तक बारह हजार नौ सौ अड़तालीस लोगों की मौत हो चुकी है गोपालगंज के चर्चित खजुरबानी जहरीली शराब कांड के दोषी इक्कीस प्लिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है सारण रेंज के डीआईजी विजय क्मार वर्मा ने बताया कि बर्खास्त पुलिसकर्मियों में तीन दारोगा पांच जमादार और तेरह सिपाही शामिल हैं इनमें से कई अभी अन्य जिलों में पदस्थापित हैं उन जिलों के प्रलिस अधीक्षकों को इस संबंध में सूचना दे दी गयी है वर्ष दो हजार सोलह में गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के खजुरबानी में जहरीली शराब पीने से अठारह लोगों की मौत हो गयी थी बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद जहरीली शराब पीने से हुयी मौत का यह पहला मामला था पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के सालिमपुर अहरा से पुलिस ने एक फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने बताया कि ये सभी विदेश से आने वाले कॉल को लोकल कॉल में बदलकर बात करवाते थे इस गिरोह के अंडर वर्ल्ड अपराधियों से सांठगांठ के भी सबूत मिले हैं राज्य सरकार ने पूर्वी चंपारण जिले की लाल वकैया नदी पर नेपाल द्वारा बांध की मरम्मत रोकने के मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है इस संबंध में जल शक्ति मंत्रालय गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर अवगत कर दिया गया है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नेपाल में स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने इस मामले पर नेपाल सरकार से बातचीत शुरू कर दी है प्रदेश में मॉनसून के आगमन के बाद से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है पिछले दो दिनों से राज्य के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है मौसम विभाग के अनुसार जून महीने में औसत बारिश का दो दशक पुराना रिकॉर्ड टूट गया है प्रदेश में अब तक औसतन एक सौ इकतीस मिलीमीटर बारिश हुयी है छब्बीस जिलों में सौ मिलीमीटर से अधिक बारिश हुयी है इधर मौसम विभाग ने राज्य के पश्चिमी मध्य हिस्से में अगले चार दिनों तक अच्छी बारिश का पूर्वानुमान जताया है कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार मॉनसून की शुरूआत से हीं हो रही बारिश के कारण धान की खेती के अनुकूल स्थितियां बनी हैं हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि धान की रोपनी बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी है लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य की सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है कोसी सीमांचल और पूर्वी बिहार की नदियों के जलस्तर में हो रही वृद्धि से बाढ़ की आशंका बढ़ गयी है सुपौल में कोसी बराज से एक लाख चौवालीस हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया जिससे कोसी की सहायक नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुयी है मधेपुरा जिले के आलमनगर प्रखंड के निचले इलाकों में कोसी नदी का पानी फैलने लगा है वहीं अररिया से सिकटी को जोड़ने वाली ताराबाड़ी बेंगा पथ पर पानी चढ़ जाने से आवागमन बाधित हो गया है जिले में बकरा रतबा परमान समेत कई छोटी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है कटिहार में महानंदा को छोड़कर सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा है वहीं बागमती नदी मुजफ्फरपुर के कटौंझा में लाल निशान से ऊपर बनी हुयी है गंगा नदी का जलस्तर मुंगेर में बढ़ रहा है हालांकि पटना में अभी यह स्थिर बना हुआ है राज्य में आगामी दो महीनों तक नदियों से मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गयी है बरसात में मछलियों के प्रजनन काल को देखते हुये खुली नदियों से पंद्रह अगस्त तक मछली पकड़ना प्रतिबंधित रहेगा कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि जिन मछुआरों की आजीविका शिकार माही पर निर्भर है उन्हें चिन्हित कर इस अवधि के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायी जायेगी वित्त विभाग ने कहा है कि कोविड उन्नीस को लेकर घोषित लॉकडाउन की अवधि में संविदाकर्मियों की अनुपस्थिति को उन्हें सेवा से हटाये जाने का आधार नहीं बनाया जा सकता है विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि सभी संविदाकर्मियों को मार्च और अप्रैल महीने का पूरा वेतन मिलेगा वहीं मई और उसके बाद के मानदेय के लिये नये दिशा निर्देश बनाये जायेंगे चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिये आठ राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान कर दिया है विकासशील इंसान पार्टी को नाव चलाता हुआ आदमी सिम्बल के रूप में प्रदान किया गया है ये सिम्बल प्रदेश की सभी दो सौ तैंतालीस विधानसभा सीटों के लिये मान्य होंगे आगामी पच्चीस जून से प्रदेश के सभी जिलों में राशनकार्ड का वितरण शुरू कर दिया जायेगा सूचना और जन संपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि अब तक बीस लाख पंचानवे हजार नये राशनकार्ड बना लिये गये हैं वाहनों के निबंधन प्रमाण पत्र परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता तीस जून से बढ़ाकर तीस सितंबर कर दी गयी है केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है राज्य सरकार ने अति पिछड़ी जाति की सूची में शामिल नोनिया को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिये केंद्र सरकार को पत्र लिखा है मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नोनिया जाति को खरिया के समतुल्य मानते हुये ये अनुशंसा की गयी है अगले वर्ष होने वाली मैट्रिक और इंटर परीक्षा का डमी एडमिट कार्ड बाईस जून को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा परीक्षार्थी दो जुलाई तक एडमिट कार्ड की गलतियों में सुधार करवा सकते हैं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी दो हजार उन्नीस की रद्द की गयी परीक्षा का ऑनलाइन आयोजन किया जायेगा इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रस्ताव को शिक्षा विभाग ने मंजूरी दे दी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां चीन सीमा पर तनाव को लेकर हयी सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर स्थान दिया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है भारतीय सीमा में न कोई घुसा न कोई कब्जा दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में जलजमाव से बचाव की तैयारियों का जायजा लेने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने लिखा है अगले चार दिन तक प्रदेश में अच्छी बारिश के आसार दैनिक भास्कर लिखता है भारतीय दवा फैविपिराविर से भी अब कोरोना का इलाज वहीं आज और राष्ट्रीय सहारा ने कोविड उन्नीस संक्रमण से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

हमारी मातृभूमि की तरफ नजर उठाने वालों को सबक सिखाया गया

अब तक पांच हजार अंठानवे मरीज हो चुके हैं स्वस्थ